यह देश में उपाध्यायजी की सबसे ऊंची प्रतिमा है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में उच्चतम न्यायलय के ताजा निर्देश के अनुरूप मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा कल जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने कहा कि वह न्यायलय के इस आदेश का स्वागत करता है जिसके अनुसार च्नाव आधारित लोकतंत्र के लिए नए पैमाने तय किए गए हैं आयोग ने अपने दिशा निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उनके दलों के बारे में जानकारी मतदाताओं को लिए सार्वजनिक की जानी चाहिए

इस संबंध में श्रेणीवार मैरिट सूची पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है सोलन जिला में राज्य विद्युत बोर्ड उन उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटेगा जिन्होंने जनवरी महीने का बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है बोर्ड के सहायक अभियंता आर विदुर ने कहा कि काटे जाने वाले कनेक्शनों की संख्या दो सौ तीन है

उन्होंने ऐसे सभी उपभोक्ताओं से बिजली के बिल जमा करवाने की अपील की है

यह भर्ती शिमला सोलन किन्नौर और सिरमौर के युवाओं के लिए होगी इस भर्ती में युवा सैनिक सामान्य ड्यूटी सैनिक तकनीकी और सैनिक लिपिक व स्टोर कीपर के पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं सैनिक प्रवक्ता ने शिमला में एक ब्यान में युवाओं से दलालों व जालसाजों से सावधान रहने की भी अपील की अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री के ब्यान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है बजट सत्र से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार मंत्रणा का दौर पूरा अब हाई कमान के पाले में गेंद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं केंद्र की हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार दैनिक भास्कर लिखता है बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा मिलेगा नया विधानसभा अध्यक्ष

पीएम सितंबर में करेंगे रोहतांग टनल का उदघाटन काम अंतिम पड़ाव पर दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल दस्तक सांसद अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है हमीरपुर रेलवे लाईन के लिए राज्य सरकार का बजट शेयर से इंकार जबकि दैनिक सवेरा टाईम्स की सुर्खी है ऊना तलवाड़ा रेल लाईन का कार्य शीघ्र होगा पूरा शिक्षा विभाग की वेबसाईट हैक पासवर्ड बदला शीर्षक से अमर उजाला लिखता है नाहन उप निदेशक कार्यालय में काम ठप्प साइबर सैल ने शुरू की जांच

मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तबीयत हुई खराब पीजीआई करवाया इलाज हिमाचल में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को मिलेगा वेतन शीर्षक से दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है खेल नीति पर सोमवार को लगेगी मंत्रिमंडल की मोहर